पांच बैठकों का होगा आयोजन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा सरकार में लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त तानसेन समारोह के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार कई हिस्से शीतलहर की चपेट में

कमलनाथ बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार में लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसके प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनायेगी श्री नाथ आज मंत्रालय में नवनियुक्त मंत्रि परिषद और अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वचन पत्र के सभी बिंदुओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा विभाग इसके क्रियान्वयन की समयबद्ध कार्ययोजना बना लें मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम बैठक ऊर्जा विभाग की होगी इसके बाद कृषि विभाग की बैठक होगी मुख्य सचिव श्री बीपी सिंह ने बताया कि वचन पत्र के अनुसार कार्रवाई का प्रारूप संबंधित विभागों द्वारा तैयार कर लिया गया है विभागीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त कर उसे प्रस्तुत किया जाएगा

इस गुट का नाम हरकत उल हर्ब ए इस्लामी बताया गया है एजेंसी के सूत्रों के अनुसार आज सुबह से ही दिल्ली में सीलमपुर और उत्तर प्रदेश में अमरोहा और हापुड़ में अनेक ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बक्सनर मस्जिद में उसी गांव में रहने वाले मस्जिद के इमाम मौलाना साकिब को हिरासत में लिया गया अमरोहा जिले की नौगांवा शहादत तहसील के सैदपुर उम्माद गांव में एक और छापे के दौरान हिरासत में लिए गए तीन भाइयों से पूछताछ की जा रही है उत्तर प्रदेश में इस सिलसिले में अब तक पांच गिरफ्तारियां हुई है बैंक हड़ताल बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय को लेकर बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग सेवाएं आज प्रभावित हुई हैं हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू द्वारा किया गया है इस संगठन में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक कर्मचारियों के कुल नौ संगठन शामिल हैं हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं एक सप्ताह के भीतर बैंक कर्मियों की यह दूसरी हड़ताल है पिछले शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी संघ ने इस विलय के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की थी कल से बैंकों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो जायेगा निर्वाचक नामावली लोकसभा चुनाव के लिये फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य आज से शुरू हो गया है नामावली में नाम जोड़नेए संशोधन करने के लिये आवेदन आज से किये जाने लगे हैं

यह इस कार्यक्रम का इक्यावन वां संस्करण होगा

यखलेश बघेल ने इस सभा में धमार ताल पर प्रस्तुति दी वहीं युवा संतूर वादक विपुल राय ने भी लयकारी प्रस्तुत की वहीं सायंकालीन सभा में विश्व संगीत के तहत बेहदाद बावई और अर्देशिर कामकार ईरान की सहतार कमाचे की जुगलबंदी वैशाली देशमुख का गायन उस्ताद फारूख लतीफ खां का सारंगी वादन और रूचिरा काले केदार का गायन हो रहा है

इस अवसर पर भजन गायन हुआ और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री सुरेश पचौरी सहित अन्य लोगों ने स्व डॉ शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किये मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री पीसी शर्मा ने आगन्तुकों की अगवानी की और स्व डॉ शर्मा की समाधि पर पुष्प अर्पित किये

इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग ढ़ाई हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में क्रिकेट खो खो और कराटे की प्रतियोगिताएं हो रही है

पचमढ़ी उत्सव आज से पचमढ़ी उत्सव मथुरा की कृष्णलीला के साथ शुरू हो गया है पांच दिनों कल चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलों का भी आयोजन होगा मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है

वहीं हमारे गुना संवाददाता ने बताया है कि जिले में पड़ रहे पाले का असर फसलों पर भी दिखाई दे रहे है पाले से बचाव के लिये किसानों को कृषि विभाग द्वारा सलाह दी जार ही है यहां देर रात से सुबह तक पाला छाया रहता है शिवपुरी में भी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जिले में सर्दी बढ़ने से आम जन जीवन प्रभावित है दमोह में भी ठंड का असर बना हुआ है